सत्र के आखिरी दिन आज सरकार की स्थिरता को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हई नोकझोंक

विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सरकार की ओर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी और मानसुन सत्र संपन्न हो गया विधानसभा का मानसुन सत्र आठ जुलाई से शुरु हुआ था आज सत्र के आखिरी दिन सरकार की स्थिरता को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तकरार हई कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यदि विपक्ष को सरकार की स्थिरता को लेकर कोई शक है तो आज ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत का फैसला किया जा सकता है दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा था कि यदि पार्टी आलाकमान से इशारा मिल जाये तो प्रदेश सरकार कभी भी गिर सकती है कर्नाटक कर्नाटक में नई सरकार के गठन के बारे में भाजपा की राज्य इकाई पार्टी संसदीय बोर्ड के निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है पार्टी विधायक मधुस्वामी ने आज बेंगलूरू में मीडिया को बताया कि बोर्ड से निर्देश मिलने के बाद ही पार्टी विधायक दल की बैठक तय की जायेगी इसके बाद ही विधायक दल के नेता राज्यपाल के पास सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे

इतने कम समय में एनडीए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिया है सरकार ने एक नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है पूर्व इसरो प्रमुख केकस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार इस मसौदे में स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए कई सुझाव दिये हैं इसके अलावा अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो निजी स्कूल मनमाने तरीके से स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे वित्तमंत्री केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि पिछले पांच वर्षो में आयकर वसूली दोगुनी हई है आयकर दिवस पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने यह बात कही श्रीमती सीतारमन ने कर का दायरा बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस काम के लिए आयकर के सभी विभागों को बेहतर तालमेल के साथ काम करना चाहिए उन्होंने अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि करदाताओं का विश्वास जीतने की भी जरूरत है वित्तमंत्री ने कहा कि समन्वित कार्रवाई और तकनीक के इस्तेमाल से कर चोरी में कमी लाई जानी चाहिए

गौरतलब है कि अभी हाल ही में श्रीमती आनंदीबेन पटेल की जगह प्रदेश के राज्यपाल के पद पर श्री टंडन मनोनीत किये गये हैं आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया काजू खेती भारत के तटवर्ती राज्य काजू के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं लेकिन जल्द की मध्यप्रदेश का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हो जाएगा

इसी सिलसिले में काजू एवं कोको विकास निदेशालय कोच्ची के निदेशक डॉ येंकटेश एन हुबल्ली इन जिलों के दैरे पर आए

साथ ही इससे जुड़ी कानूनी व्यवस्थाओं को और सख्त बनाने के उपाय भी किए हैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस मंत्री समूह के सदस्य बनाए गए हैं मंत्री समूह का काम कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए संस्थागत और कानूनी व्यवस्थाओं की समीक्षा करना है समिति कानून को प्रभावी बनाने के सुझाव भी देगी चीनी भंडारण केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति सीसीईए ने चीनी का चालीस लाख मीट्रिक टन के सुरक्षित भंडारण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस निर्णय से चीनी के मूल्यों में स्थिरता आएगी और बाजार में चीनी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी उन्होंने कहा कि चीनी मिलों द्वारा गन्ने का बकाया भुगतान होने से सभी गन्ना उत्पादक राज्यों को भी लाभ होगा नकली दूध प्रदेश सरकार नकली दूध और मावा कारोबारियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिये कार्यवाई कर रही है

तीन संचालकों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है आधिकारिक जानकारी के अनुसार नकली दूध और मावा कारोबारियों के राज्य के बाहर फैले नेटवर्क को भी खत्म किया जाएगा मुख्यमंत्री उच्चशिक्षा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता लाने के लिए राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी आज विधानसभा में श्री कमलनाथ ने पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि समिति यह भी सुनिश्चित करेगी की उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत शासकीय और अर्धशासकीय संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षा के मापदंडों पर उत्कृष्ट हो

आज सुबह से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में साफ धूप खिली लेकिन दोपहर होते होते आसमान में बादल गहराने लगे और बारिश होने के आसार दिखाई देने लगे हैं हालांकि राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के समाचार मिल रहे हैं लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल तो घिरे हैं लेकिन बारिश नहीं हुई है ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को तीखी गर्मी और उमस से राहत मिली है